कोरोना के मददे नजर दीपावली पर प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध के कारण आतिशबाजी की रौनक फीकी रही लोगों में पर्व को लेकर देखा गया उत्साह प्रदेश में किया जा रहा डिजिटल बाल मेले का आयोजन राज्य के बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग में आज हल्की बारिश के आसार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

घरों बाजारों और स्मारकों पर रोशनी और आकर्षक सजावट की गई लोगों ने घरों में बंधनवार और रंगोली भी सजाई शाम को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का प्रजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई विभिन्न तरह के व्यंजन बनाये गये और लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी कोरोना महामारी के कारण इस बार प्रदेशवासियों ने एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर दीपावली का पर्व मनाया

लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जयपुर शहर के प्रमुख बाजारों में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए सबसे ज्यादा नजर पटाखा कारोबारियों पर रही पटाखों की ब्लैक में बिक्री होने की जानकारियां सामने आने पर पुलिस के आलाधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे ताकि मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना हो सके पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की श्रृंखला में आज प्रदेशभर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है मन्दिरों में ठाकर जी को भोग लगाया जा रहा है

श्री मोदी ने कल जैसलमेर के लोगेंवाला अग्रिम चौकी पर जवानों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी

कल से शुरू हुए इस मेले का विषय कोरोना के प्रति जागरूकता तय किया गया है प्रतियोगिता में कोरोना से जंग जीतने और और जागरूकता बढाने से संबंधित संदेश देते हुए गतिविधि अनिवार्य हैं बच्चे अपने कार्य का वीडियो बनाकर प्रतियोगिता की कैटेगरी के अनुसार अपनी एंट्री ऑनलाइन भेज सकेंगे जीतने वाले प्रतिभागी को राज्य स्तर पर कैश अवार्ड भी दिया जाएगा